इस उद्योग सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग क्षमता होगी जिसमें डेढ़ लाख टन से उपर फलों और सब्जियों का उपयोग होगा इस मौके पर सांसद अनुराग ठाक्र के अलावा उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाक्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की एक बैठक आज शिमला में प्रदेश अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती की अध्यक्षता में होगी पार्टी के मिडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जायेगी उन्होनें बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल और सांसद शांता क्मार सहित अनय वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे आज बसंत पंचमी है इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की प्रजा अर्चना की जाती है इस मौके पर शिमला के कालीबाढ़ी मंदिर में मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है उधर कृल्लू में बसंत पंचमी पर्व पर भगवान रघ्नाथ जी की आज रथ यात्रा निकाली जाएगी और रघ्नाथ जी को गुलाल चढ़ाया जाएगा आज से ही कुल्लू में होली पर्व की शुरूआत भी हो जाती है दूसरी ओर उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में इस अवसर पर कुंभ मेले में तीसरे शाही स्नान के लिए व्यापक प्रबंध किये गये हैं और लाखों श्रद्धालु इस शाही स्नान में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में आज बादल छाये हुए हैं बीते दिनों हुए हिमपात से जनजातीय जिलों में जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है और इन क्षेत्रों में लोगों को यातायात सहित संचार और पानी समस्या से जूझना पड़ रहा है हालांकि प्रशासन द्वारा बाधित पड़े सम्पर्क मार्गो व अन्य समस्याओं को सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास जारी है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधानसभा में पेश किये गए आगामी वित्त वर्ष के बजट को अपनी प्रमुख खबर बनाया है अमर उजाला की सुर्खी है चुनावी साल सबका ख्याल टैक्स फ्री बजट गांव गरीब कर्मचारी युवा बागवानों किसानों के लिए खोला खजाना

दैनिक जागरण के शब्द हैं तीर भी अंदाज भी जयराम के तरकश से निकली जन प्रतिनिधियों से लेकर किसान गरीब के लिए सौगात

दैनिक भास्कर के अनुसार सब पर जयराम की कृपा सीमित संसाधनों से बेहतर सुविधा देने का प्रयास

आपका फैसला का कहना है राज्य के अनियमित कर्मचारियों को सरकार ने दिए कई तोहफे अजीत समाचार के शब्द हैं हिमाचल का लोक लुभावन चुनावी बजट पेश जबकि दैनिक सवेरा टाईम्स ने खबर को प्रमुखता देते हुए सुर्खी दी है सभी वर्गों पर हुई जयराम कृपा बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं बजट पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए अमर उजाला बतौर मुख्यमंत्री लिखता है गरीबी से उठा हूं गरीबी जानता हूं इस बजट में हर वर्ग को दी गई है राहत पंजाब केसरी का शीर्षक है मैं चुनाव को बोझ नहीं रखता प्रदेश का विकास एकमात्र लक्ष्य जबकि दिव्य हिमाचल विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से लिखता है कर्ज की गाड़ी में सवार जयराम सरकार जबकि अखबार ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ब्यान को प्रमुखता दी है चुनावी बजट ठीक पैसे कहां से लाओगे पंजाब केसरी की एक खबर है स्थिति सामान्य होने पर ही खुलेंगे वींटर विकेशन स्कूल सरकार ने ज़िला प्रशासन को दिये निर्देश स्थिति का जायजा लें तभी खोलें स्कूल दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय उम्मीदों का बजट में लिखा है हिमाचल के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है कृषि बागवानी के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है सामाजिक सरोकारों पर भी बजट में व्यापक नजर है